तीन महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है कोरोना वायरस महामारी के कारण देश एक अमूतपूर्व संकट से गुजर रहा है

आज एक हजार सरकारी और निर्जो प्रयोगशालाएं देशमर में कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं आईसीएमआर कोरोना जांच के लिए नई प्रयोगशालाओं और आरटी पीसीआर किटों को मंजूरी देकर अपनी सुक्वियों में निरंतर बढ़ोतरी कर रहा है

ये परीक्षण किट बिना प्रयोगशाला परीक्षण के तेजी से जांच करने में मददगार साबित हॉगी इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का भी उत्पादन कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड समय में लाखों स्वैब का उत्पादन हुआ है वो भी आयातित स्वैब की तुलना में बेहद किफायती दामों पर हालांकि इन कदमों के बावजूद भारत जैसे बढ़े देश में परीक्षण तक पहुंच एक बढ़ी चुनौती बनी हुई है इसे निपटने के लिए आईसीएमआर ने देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षण की पहुंच और उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण विवियों को शामिल करने का सुझाव भी दिया है

प्रदेश सरकार ने कोरोना के संदिग्ध रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए राज्य में एंटीजन टेस्ट शुरू किए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के पांच शहरों में आज ये टेस्ट किए गए पहले चरण में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत लखनऊ प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर और कानपुर में की गई है बाद में इसे मेरठ मंडल के जिलों में भी शुरू किया जायेगा जहां से लगातार कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं इन टेस्ट से कोविड के मामलों की जल्दी और सटीक जानकारी मिल सकेगी फिलहाल प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में कोविड के छः हजार एक सौ नवासी सक्रिय मामले हैं और बारह हजार एक सौ सोलह मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्वार्ज हो चुके हैं बीते चौबीस घंटों में राजधानी लखनऊ में कोविड के बहत्तर नये मामलों का पता चला है इन मरीजों में एक साल की उम्र तक के छोटे बच्चे और अस्सी साल की उम्र तक के बुजुर्ग शामिल हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न समूहों के नमनों की जांच की जा रही है कल ऑटो रिक्शा डाइवर बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों के नमूने लिये गये सरकार जल्द ही इन टेस्ट के नतीजे भी सामने रखेगी देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव सात शन्य प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अटठावन हजार छ सै पचासी संक्रमित रोगी ठीक हो गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार चार सै पंचानबे रोगी स्वस्थ हए वर्तमान में एक लाख तिरासी हजार बाईस लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि क्ल पन्द्रह हजार नौ सौ अड़सठ नये मामले आने के साथ संक्रमितों की क्ल संख्या चार लाख छप्पन हजार एक सौ तिरासी हो गई है देश में कोविड नाइन्टीन महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है एक दिन में इस संक्रमण से चार सौ पैंसठ लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या चौदह हजार चार सौ छिहत्तर हो गई है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में प्रमुख चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एनेस्थिसिर्यालॉजी विमाग की डॉ एस राजेश्वरी ने लोगों को घरों में रहने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है एम्स के ही लैब मेडिसिन की प्रोफेसर डॉ पूर्वा माथुर ने कहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं